गौरतलब है कि प्रोटेम स्पीकर का दायित्व वरिष्ठ सांसद को सौंपा जाता है

इस दौरान सरकार बजट भी पेश करेगी मंत्रिपरिषद बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बैठक है

वहीं प्रदेश के मूल निवासियों को आय्सीमा में दी जाने वाली छूट को जारी रखा जा सकता है बैठक में इसके अलावा नवगठित जिले निवाड़ी में कोषालय और लोकसेवा प्रबंधन के पद निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जायेगा बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में दस से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है वहीं बैठक में मुख्यमंत्री बिजली पानी और कानून व्यवस्था पर मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे जल बैठक केन्द्र जल संरक्षण और पेयजल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक में पानी की कमी के संकट और इससे निपटने के लिए राज्यों के सहयोग पर विचार विमर्श होगा देश के विभिन्न जलाशयों में पानी के गिरते स्तर की गम्भीर स्थिति को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है आपदा प्रबंधन आगामी मानसून में बाढ़ की सम्भावित स्थिति से निपटने के लिये गृह विभाग ने सम्रचित प्रबंध के बारे में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये हैं सभी जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से कहा गया है कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण का प्रमाणीकरण तथा संवेदनशील वर्गों दिव्यांग आदि की पहचान कर बाढ़ की स्थिति में इन्हें मदद देने की योजना स्थानीय स्तर पर बनाई जाने के साथ ही राहत और बचाव कार्यों के लिये राहत केम्प तैयार किये जायें भाजपा चिमनी यात्रा भीषण बिजली संकट के विरोध में भाजपा कल प्रदेशव्यापी चिमनी यात्रा निकालेगी

उन्होंने कहा कि चूंकि यह सरकार बिजली कटौती से पीड़ित जनता की चीख पुकार नहीं सुन पा रही है इसलिए चिमनी यात्रा के साथ पार्टी ढोल नगाड़े लेकर भी चलेगे श्री सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जहां सरकार पानी और बिजली जैसी समस्याओं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाए कभी अधिकारियों को कोसती है तो कभी बिजली उपकरणों की ग्णवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है

मौसम गर्मी प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है अधिकांश क्षेत्रों में पारे के लगातार बढ़ने से लोग परेशान हैं वहीं शाम होने के बाद भी देर रात तक गर्म हवा से निजात नहीं मिल रही है राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू भी चल रही है

यह सभी तालाब में नहाने गये थे

इसके संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है

महोत्सव में नर्मदा तट स्थित सेठानी घाट पर भजन संध्या का आयोजन किया गया